वे कल मण्डी जिले में बल्ह भाजपा मण्डल के मण्डल मिलन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जनता तक पहंचाने का आहवान भी किया जयराम ठाक्र ने कहा कि बल्ह क्षेत्र में पिछले लगभग अढ़ाई वर्षो में अमूतपूर्व विकास हुआ है मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार व पार्टी संगठन में बेहतर तालमेल पर बल भी दिया ताकि सरकार व पार्टी का विकास हो सके इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिले के दौरे के दूसरे दिन आज मंडी में जनसमस्याएं सुनेंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में देश के विभिन्न विकासात्मक बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है

राज्यपाल ने कहा कि इस नीति के तहत सभी के लिए शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को पूरा किया जाएगा राज्यपाल ने ये बात कल राजभवन से वर्च्अल माध्यम से चैतन्य डीम्ड यूनिवर्सिटी तेलंगाना के उद्घाटन अवसर पर कही

इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और माकपा विधायक राकेश सिंघा भी मौजूद रहेंगे आर डी धीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर डी धीमान ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि लोग इस महामारी के प्रति अब लापरवाह होते जा रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना पॉजिटिव मामलों में निरंतर इजाफा हो रहा है आर डी धीमान ने कोरोना संकमण से बचाव के लिए लोगों से स्वच्छता मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह भी किया है

जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है हाईकोर्ट ने कहा कृत्रिम कट ऑफ डेट से भेदभाव नहीं कर सकती सरकार

इसी समाचार पत्र के मुताबिक देहरादून में फारेस्ट क्लियरेंस के लंबित सभी मामले शिमला किए जांएगे ट्रांसफर चीन के चौपर्स ने दो बार की हिमाचल में घ्सपैठ शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है राज्यपाल ने पीएमओ को भेजी स्टेट सीआईडी की रिपोर्ट आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है चीन की हरकतों पर हिमाचल सरकार की पैनी नजर कोरोना महामारी पर पंजाब केसरी की सुर्खी है सोलन के दो लोगों की कोरोना से मौत